यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है श्री मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धा सुमन अपित किए गृहमंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू और हंसराज अहीर गृहसचिव राजीव गाबा और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सजग पुलिसबलों न भय और असुरक्षा का माहौल फैलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हर उस जवान को याद किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और शांति बनाये रखने में मदद कर रहा तथा आतंकवाद से लड़ रहा है

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है और उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार उन्नीस के अन्त तक आरक्षी स्तर पर लगभग सवा लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा समयबद्ध प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया है श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस लाइन तथा थानों में समस्त सुविधाओं से सुसज्जित बैरकों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगी

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर परेड की सलामी ली और शहीद पुस्तिका को मंच पर प्रस्थापित किया उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों की स्मृति में पुष्पचक्र अर्पित कर उनके परिजनों को सम्मानित किया

उन्होंने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की पुलिस स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया

इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन में इंडियन नेशनल आर्मी के लालती राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ब्रिगेडियर आरएस चिक्करा तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद सरकार केवल नाम की सरकार नहीं थी बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार ने सभी क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों का सूजन किया था उन्होंने कहा कि नेताजी सूभाष चन्द्र बोस का एक मात्र उद्देश्य था भारत की आजादी श्री मोदी ने कहा कि देश की सैन्य शक्ति हमेशा से आत्मरक्षा के लिए थी और रहेगी लेकिन अगर भारत की संप्रभुता को किसी प्रकार की चुनौती मिलती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाराणसी शहर की पहचान हस्तशिल्प से ही है हस्तशिल्प स्वतंत्रता और स्वालम्बन का माध्यम रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत आज दूनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प उत्पाद का निर्यातक है इस क्षेत्र का व्यापार चार सौ करोड़ से बढ़कर सोलह सौ करोड़ रूपये हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में मेड इन इण्डिया कारपेट एक ब्राण्ड बनकर उभरा है यह सब लाखों ब्रनकरों और व्यापारियों की मेहनत और सरकार द्वारा दी गयी रियायतों के कारण सम्भव हो पाया है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

स्वर्गीय तिवारी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हल्द्वानी के चित्रशीला घाट रानीबाग में किया गया उनके पुत्र रोहित शेखर तिवारी ने उन्हें मुखाग्नि दी

उनकी शव यात्रा में हजारों के संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश से आये लोगों ने सर्किट हाउस में उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी

श्री सिन्हा ने आज गाजीपुर और चन्दौली जिले में विभिन्न स्टेशनों पर विकास कार्यो के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही

जिसमें केन्द्रीय राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दुनिया के तीन ऐसे देश है जिनकी आबादी दो करोड़ से कम हैं जबकि भारत में हर साल दो करोड़ बच्चे जन्म ले रहे हैं उन्होंने बताया कि दुनिया में अस्सी से बीस प्रतिशत की आबादी भारत को है श्री सिह ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून बनाने के साथ जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास और सामाजिक समरसता में बाधक है